संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल में राष्ट्र ध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से दस करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता है

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा को पूरी तरह वचनबद्व है लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अप्रैल से गेहूँ खरीद शुरू करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी क्रय केन्द्र पर किसानों को समस्या न हो यह सुनिश्चित किया जाय मुख्यमंत्री आज गेहूँ खरीद सम्बन्धी समय सारणी और प्रस्तावित क्रय नीति के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में पचास रूपये की बढ़ोत्तरी करते हुये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्नीस सौ पचहत्तर रूपया प्रति कुंतल तय किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक दशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूँ किसानों के लिये भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ऐसी क्रय एजेंसियां जिनका रिकॉर्ड ठीक नही है उन्हें काम न दिया जाय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भण्डारण गोदाम सहित सभी क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग करायी जाय इससे किसानों को सुक्विा होगी मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के लिये इस वर्ष ई पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक बेरिफिकेशन द्वारा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये अपर मुख्य सचिव चिकित्स एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ के लोकभवन में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुये बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख बीस हजार छः सौ उन्चास कोविड सैम्पल की जांच की गयी पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित दो सौ सोलह नये मामले आये हैं इसे लेकर प्रदेश में इस समय कोरोना के क्ल पांच हजार नौ सौ अट्ठारह सक्रिय मामले हैं श्री प्रसाद ने बताया कि आज स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने का कार्य किया गया शाम तीन बजे तक पचासी हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया उन्होंने बताया कि अब चार एवं पांच फरवरी को टीका लगाने का कार्य किया जायेगा अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों तथा फ्रंट लाइनकर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज पच्चीस मार्च तक लगा दी जायेगी प्रदेश में विधानमण्डल का बजट सत्र अट्ठारह फरवरी से शुरू हो रहा है पहले दिन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगी दोनों सदनों को राज्यपाल का सम्बोधन सुबह ग्यारह बजे होगा इस सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिये बजट पेश करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का चौबीसवां दीक्षांत समारोह आगामी सोलह फरवरी को आयोजित होगा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने बताया कि दीक्षात समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति तथा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल करेंगी प्रदेश के सभी जिलों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है कोहरे और बर्फीली हवाओं से जन जीवन प्रभावित हो गया है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया मैसम विभाग ने अगले दो दिन तक गलन भरी ठंड पड़ने और घने कोहरे का प्रकोप जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है